मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रेडक्रॉस स्वयंसेवियों से कोरोना महामारी में एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से आज फोन पर जानकारी हासिल की उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए हिमाचल को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने ऑक्सीजन अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता टीकाकरण अभियान सहित प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे सभी कार्यो से उन्हें अवगत करवाया

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला में लोकनिर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा उन्होंने कहा कि विभिन्न सड़कों और पुल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिनका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है

मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कियान्वित विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं के कार्यों में भी तेजी लाने की बात कही जयराम ठाकर ने कहा उनके द्वारा की गई घोषणा के कियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र के लिए वर्चुअल माध्यम से आधुनिक एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन आपूर्ति और एक समय में दो मरीजों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है जयराम ठाकुर ने इसके लिए धर्मपुर भाजपा मंडल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने आम जनता से मुख्यमंत्री राहत कोष व मुख्यमंत्री कोविड फंड में अंशदान करने का आग्रह भी किया सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

डीजीपी पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने लोगों से कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने का आहवान किया है उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर भी अब सख्ती के साथ चैकिंग की जाएगी सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना महामारी को मात देने के लिए योग के माध्यम से प्राणायाम के विभिन्न कियाओं को लाभप्रद बताया है उनकी पहल पर आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से वर्चअल माध्यम से कोरोना संक्रमितों के लिए ब्रीद शिमला योग से निरोग कार्यकम शुरू किया गया है भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम को तीन श्रेणियों में बांटा गया है उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के दौरान मिल रहे सहयोग के लिए लोगों का आभार जताया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रेडक्रॉस स्वयंसेवियों से कोरोना महामारी में एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है उन्होंने विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज शिमला स्थित राजभवन से प्रदेश रेडक्रॉस द्वारा कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सामग्री की रेडक्रॉस वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते हए मामलों को देखते हए स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए और अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों व समर्पित टीमों की आवश्यकता है उन्होंने इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सेवानिवृत स्वास्थ्यकर्मियों और पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने पर भी बल दिया इस मौके पर रेडक्रॉस की अध्यक्षा साधना ठाक्र ने कहा कि कोरोना के इस कठिन दौर में रेडक्रॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसके लिए राज्यस्तर पर ठोस प्रयास किए जाने चाहिए अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य संस्थानों को दो लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट लेने की छट दी है

उन्होंने कहा कि दो लाख से ज्यादा नकद भूगतान के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड देना होगा अनुराग ठाक्र ने कहा कि आयकर कानून के मुताबिक देश में किसी भी व्यक्ति को दो लाख से अधिक नकद के लेनदेन को प्रतिबंधित किया गया है मगर कोरोना महामारी के समय लोगों की सुविधा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर कोरोना महामारी पर काबू पाने में विफल रहने का आरोप लगाया है

उन्होंने कहा है कि देश में ऑक्सीज़न की भारी कमी और आवश्यक दवाओं की काला बाजारी हो रही है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह प्लांट अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना मरीजों की ऑक्सीज़न की आवश्यकता को पूरी करेगा सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए नया मोबाइल ऐप सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ शुरू किया